प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बैंकॉक में चौदहवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बोलते हुए दुनिया के सामन वैश्विक चुनौतियों को रेखांकित किया उन्होंने आम समाधान खोजने के लिये साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक नेतृत्व वाला मंच है जहां इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो पर चर्चा होती है शिखर सम्मेलन के इस संस्करण का एजेंडा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सह संचालन की भविष्य की दिशा की समीक्षा करना और क्षेत्रीय और अतंर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना था श्री मोदी शिखर सम्मेलन के मौके पर वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मिले श्री मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक में विकसित सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की और क्षेत्र में शांति समृद्धि और विकास के लिये तीसरे देशों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढाने पर सहमति व्यक्त की एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह अगले महीने भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिये भारत में जापानी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिये उत्सुक है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियल स्टेट कम्पनियों द्वारा आवास खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी के मामलों पर सरकार मूकदर्शक नहीं बन सकती है लखनऊ में आज राष्ट्रीय रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी जिससे इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सके केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि रियल स्टेट नियंत्रण और विकास अधिनियम को लागू करना ग्राहकों के अधिकार के लिए बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही रियल स्टेट ई कामर्स पोर्टल शूरू किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दो हजार बाईस तक दोगुना करने के सपने को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को अपनी उपज को बचने क लिये भटकना नहीं पड़ेगा उनका पूरा गन्ना लिया जायेगा और किसानों को उपज का अच्छा मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि किसान हित में गन्ने से एथनॉल भी बनाया जायेगा श्री योगी आज बागपत में रमाना चीनी मिल के विस्तारीकरण के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस चीनी मिल की पेराई क्षमता दो हजार सात सौ पचास टीसीडी से बढ़ाकर पांच हजार कर दी गई है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सत्ताईस मेगावाट की एक को जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूवा खूशहाल है और प्रलिस में भाई भतीजावाद की परम्परा समाप्त हो गई है श्री योगी ने कहा कि तेईस करोड़ जनता के हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार भारतीय सेना वहां भर्ती रैली का आयोजन कर रही है जम्मू स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित इस दस दिवसीय भर्ती रैली का आयोजन सांबा जिले में किया गया है

जम्मू सांबा और कठुआ जिलों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का यह अच्छा अवसर है

पूरे जम्मू संभाग में भर्ती रैली का आयोजन दूरदराज सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले उन हजारों नौजवानों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक साबित हो रहा है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने व अपने परिवारों के लिए सुखद सुनहरे भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं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

केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार उद्योगों को आजादी देने को तैयार है बशर्ते वे इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें

उन्होंने कहा कि प्रद्षण पर काबू पान के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जावड़ेकर ने संगोष्ठी में मौजूद लोगों और सभी हितधारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा श्री जावड़ेकर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है बाइट फायर क्रेकर के विरोध में कितने भी सख्ती के नियम कोर्ट करे या सरकार करे

दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये यातायात की सम विषम योजना भी आज सुबह आठ बजे से लागू हो गई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जनहित में सम विषम नियम का पूरी तरह पालन करें

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन तथा राजस्व विभाग के छह सौ से अधिक दल इस योजना को लागू कराने के लिए तैनात किए गए हैं दो पहिया और इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है लेकिन अब की बार निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं है सीएनजी वाहनों को छूट न देने का कारण सीएनजी स्टिकरों का दुरूपयोग बताया जा रहा है बारह साल तक के बच्चे को साथ लेकर जाने वाली कवल महिला वाहन चालक और दिव्यांग व्यक्तियों को ले जा रहे वाहनों का भी इससे छूट दी गई है

राजधानी में सड़कें आज अपेक्षाकृत रूप से खाली हैं लोग अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन दो पहिया वाहन साइकिल और कार पूलिंग का उपयोग कर रहे हैं प्रदेश सरकार प्रदूषण के बढ़े स्तर को कम करने के लिये सभी आवश्यक प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है गौतमबुद्ध नगर मेरठ और हापुड़ में बारहवीं तक के सभी स्कूल कल तक बंद कर दिए हैं राज्य सरकार ने आईआईटी जैसी संस्थानों से प्रदूषण की रोकथाम के उपाय सुझाने को भी कहा है राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री दारासिंह चौहान ने कहा है कि पंजाब और हरियाण की तरफ से आने वाली हवाओं से राज्य में वायू प्रदूषण बढ़ा है सरकार इसे नियंत्रित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है गोरखपुर में मंडलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल अवशेष जलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएनजी ऑटो लाइसेंस निर्गत करने तथा वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करने के निर्देश दिये

एमसी आर में कोयले से चलने वाली इंडस्ट्रीज को हमने बंद करने का आदेश दिया जा चुका है अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने पांच और सात नवम्बर को अयोध्या में स्थानीय अवकाश घोषित किया है पांच नवम्बर को चौदह कोसी और सात नवम्बर को पंच कोसी परिक्रमा है पहले यह अवकाश क्रमशः छह और आठ नवम्बर को था

इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच सुदेवा फुटबॉल क्लब दिल्ली एव संयुक्त फ्टबॉल छात्रावास उत्तर प्रदेश के मध्य खेला गया जिसमें दोनों टीमों के मध्य मुकाबला हुआ निर्धारित अवधि तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी अन्त में ट्राई बेकर के माध्यम से निर्णय हुआ जिसमें सुदेवा फुटबाल क्लब दिल्ली की टीम चार दो गोल के अन्तर से विजयी रही